निजी कम्पनियों के आधार डाटा मांगने पर रोक लगाई

अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा कबीरधाम और बेमेतरा जिले का दौरा किया सक्ती में शासकीय महाविद्यालय और दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र खोलने की घोषणा की कथित सीडी कांड मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका को मिली जमानत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भुपेश बघेल को जेल भेजे जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मुख्यालयों में दी गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट आधार उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी आधार योजना की संवैधानिक वैधता और इस लागू करने संबंधी दो हजार सोलह के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्यायालय ने यह फैसला दिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गों तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्ट पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि यह योजना अनूठी है तथा सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा संतावन समाप्त कर दी जिसके तहत निजी कम्पनियां आधार डाटा मांग सकती थी लेकिन न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी बच्चे के आधार कार्ड न लाने की स्थिति में उसे किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार आवश्यक नहीं है और सीबीएसई नीट अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हालांकि संविधान पीठ ने अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद की धारा समाप्त कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि देश में अवैध रूप से आने वालों को आधार जारी न किया जाये सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं है और दूरसंचार सेवा प्रदाता आधार से जोड़ने के लिए नहीं कह सकते लेकिन आयकर रिटर्न भरने और स्थायी खाता संख्या पैन का आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य होगा एससी एसटी पदोन्नति आरक्षण उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला दिया कि अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति एससीएसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने संबंधी दो हजार छह के न्यायालय के फैसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है शीर्ष अदालत ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था आरक्षण का लाभ देने के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति की कुल आबादी पर विचार किया जाए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसल सुनाया न्यायालय ने कहा कि एससीएसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्यों को एससीएसटी के पिछड़ेपन संबंधी आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है केन्द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केकेवेणुगोपाल ने एससीएसटी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने के पक्ष में जोरदार दर्लील दी और कहा कि उनके पिछड़ेपन को ही आरक्षण का आधार माना जाए उच्चतम न्यायालय प्रसारण उच्चतम न्यायालय अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण और उसकी वीडियो रिकार्डिंग के लिए सहमत हो गया है न्यायालय ने कहा कि रोगाणु के नाश के लिए सूर्य की रोशनी बेहतर है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण से लोगों के जानने के अधिकार को अमल में लाया जा सकेगा और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता आएगी प्रधानमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति जानने के लिए छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक ली श्री मोदी ने बैठक में केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जमीनी स्तर पर हुई प्रगति और कार्य में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली उन्होंने इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए केन्द्रीय खनिज संसाधन सचिव अनिल मुकिम ने बताया कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बेहतर कार्य किया जा रहा है राज्य में इस मद से तीन हजार इक्कीस करोड़ रूपए की राशि जमा हुई थी जिससे आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य किए जा रहे हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सक्ती में शासकीय महाविद्यालय और दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र खोला जाएगा आमसभा में मुख्यमंत्री ने पांच सौ उनतीस करोड़ बावन लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन मनरेगा मजदूरों को टिफिन वितरण श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण तथा कन्या विवाह सहायता योजना के तहत चेक प्रदान किए इसके बाद मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के कुकदुर में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए बोड़ला में मिडिल स्कूल खोलने की घोषणा की इस दौरान उन्होंने एक सौ पचपन करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को कृषि यंत्र गैस कनेक्शन और पांच सौ हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए वहीं मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले में आयोजित आमसभा को भी संबोधित किया और आम जनता को करोड़ों रूपए की सौगातें दीं

आज दोपहर बाद अचानक कैलाश मुरारका सीबीआई की अदालत में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया बाद में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई जिस पर कोर्ट ने उन्हें एक लाख रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी इससे पहले बीते सोमवार को सीबीआई ने सीडी मामले में चालान पेश किया था जिसमें कैलाश मुरारका को मुख्य आरोपी बताया था साथ ही भूपेश बघेल विनोद वर्मा विजय भाटिया रिंक् खनूजा और विजय पांडया को आरोपी बनाया था सोमवार को कैलाश मुरारका और विजय पांडया कोर्ट में पेश नहीं हुए थे विनोद वर्मा और विजय भाटिया को अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है वहीं विजय पांड्या अदालत के सम्मन के बाद भी अभी तक अदालत में पेश नहीं हुआ है कांग्रेस जेल भरो आंदोलन कथित सीडी कांड मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को जेले भेजे जाने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर के ब्लॉक मुख्यालयों में प्रमुख नेताओं की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दीं इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर प्रदेश अध्यक्ष को जानबूझ कर फंसाने का आरोप लगाया इधर दूर्ग जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि बीते सोमवार को सीबीआई की अदालत ने भूपेश बघेल को जमानत नहीं लेने के कारण चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था इसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन के अलावा ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया था कांग्रेस ने कल सभी जिला मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है

घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

जूनियर डॉक्टर हड़ताल राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जुनियर डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं डॉक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा कथित रूप से जूनियर डॉक्टर से मारपीट की गई इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने आज मरीजों का इलाज करने से इंकार कर दिया जूनियर डॉक्टर सीएमओ के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं हड़ताल में पीजी इंटर्नशिप और यूजी के सभी डॉक्टर शामिल हैं

वहीं छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायलों को सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

राज्य शासन ने रायपुर से नारायणपुर तबादला किए गए डिप्टी कलेक्टर सुनील नायक को पांच महीने बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण निलंबित कर दिया गया है प्रदेशभर के लिपिक कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही ये कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले बीस दिनों से हड़ताल पर है